याचिकाओं में बिड की रकम कम करने और ठेकों को निरस्त करने की मांग की गई थी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को सही मानते हुए नई शराब नीति को ही यथावत रखा हैं

दर्शनार्थी केवल स्क्रीन पर ही दर्शन कर पाएंगे सतना जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासकीय सेवकों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया है

वे आज मंत्रि परिषद की बैठक में बोल रहे थे इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंत्री आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में अपने विभाग की का भूमिका का के लिसंबंध कर्मेन विचार विमर्श करें और का एक प्रारूप के बनाएं इसके लिए विद्वानों विशेषज्ञों और प्रमुख संगठनों से भी चर्चा की जा सकती है उनके सुझाव प्राप्त कर विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाये मुख्यमंत्री ने कहा वे इस बारे में आज और कल मंत्रियों से वन टू वन चर्चा भी करेंगे गृहमंत्री अपराध गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा सरकार अपराधमुक्त प्रदेश के लिए अभियान चला रही है श्री मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी अब उसे दुरुस्त किया जा रहा है गौ संवर्द्धन पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि श्रमिकों को ग्राम स्तर पर सभी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएगी वहीं स्व सहायता समूहों के क्लस्टर बनाकर उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा कल भोपाल में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सभी मिडिल और हाई स्कूलों में वाउन्ड्रीवाल बनाई जाएगी गौ शालाओं को गौ संवर्धन योजना से जोड़ा जायेगा श्री सिसोदिया ने सोशल मीडिया के निजी प्लेटफार्म का उपयोग कर समूह उत्पादों को विपणन संबंधी प्रयास किए जाने के निर्देश भी दिये मौसम बारिश प्रदेश में मानसूनी वर्षा का दौर जोर पकड़ता नहीं दिखाई दे रहा है आज राजधानी भोपाल में सुबह से ही चमकदार धूप खिली हुई है और तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान नजर आये वहीं कल प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई छिंदवाड़ा बैतूल पचमढ़ी जबलपुर खजुराहो सीधी दमोह ग्वालियर उमरिया होशंगाबाद और सतना में हल्की बारिष हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार राज्य के रीवा जबलपुर शहडोल भोपाल और होशंगाबाद संभागों के जिलों में आज और कल कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं